होली के त्योहार की रंगत बाजारों में भी चढ़ीरंग गुलाल और पिचकारी की जमकर खरीदारी कर रहे लोगडॉक्टरों ने दी सावधानी से होली खेलने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग में वंशवाद को लेकर कांग्रेस की आलोचना कीकांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं करती पार्टी कोटद्वार में गौरैया के संरक्षण में जुटे पक्षी प्रेमियों ने साझा किये अपने अनुभव विश्व गौरैया दिवस पर कार्यशाला का आयोजन

राज्य के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं होलिका दहन के लिए जगह जगह लकड़ियां एकत्रित करके पूजा अर्चना भी की जा रही है कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं अल्मोड़ा जिले में महिलाए और पुरुष पूरे उत्साह के साथ होली गायन कर रहे हैं प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में चीर के साथ पारम्परिक तरीके से होली गायन किया जा रहा है जागेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष के अनुसार होली की शुरुआत भगवान जागनाथ की परिक्रमा करके की जाती है अल्मोड़ा और रानीखेत में भी महिला होली गायन की धूम मची है वहीं धौलादेवी में पुरुषों ने पारम्परिक खड़ी होली का गायन किया सांस्कृतिक रंगकर्मी नवीन बिष्ट ने बताया कि अल्मोड़ा में रार्गो पर आधारित गायन होता है

वहीं चमोली जिले के विभिन्न हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है जो घर घर जाकर होली के गीत गा रही हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और श्भकामनाएं दी हैं कल राजभवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी है स्लग होली देहरादन प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को बचाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए काम कर रही देहराद्रन की कूर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद द्वारा क्लमेंटाउन में होली मिलन सामारोह आयोजित किया गया इस अवसर पर कमाउनी बैठकी होली और खड़ी होली में लोगों ने एक दूसरे पर जमकर गुलाल लगाए कलाकारों द्वारा पारम्परिक कुमाउनी होली के गायन के साथ ही आकर्षक छोलिया झोड़ा लोकनृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए गए समारोह के मुख्य अतिथि विधायक विनोद चमोली ने अपने संबोधन में परिषद के सभी पदाधिकारियों और दूनवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं इस अवसर पर परिषद के संरक्षक डॉ हरीश चंद्र शाह ने समारोह के उददेश्य पर प्रकाश डाला

इस दौरान बाजारों में होली के सामान जैसे रंग पिचकारी गुलाल की रौनक है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सामान की बिक्री में कमी देखी जा रही है दुकानदार भूषण सिंह ने बताया कि इस बार भारतीय गुलाल की मांग ज्यादा है होली के दौरान लापरवाही से रंग में भंग भी पड़ जाता है इसके लिए डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है डॉ सुरेन्द्र पाल ने बताया कि अगर रंग आंखों मेग चला जाता है तो तुरन्त साफ पानी के छीटे मारें और जल्द से जल्द उचित उपचार करायें वहीं चर्म रोग विशेषज्ञ अनिल कुमार आर्या ने बताया कि होली के दौरान पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिये साथ ही शरीर पर लोशन या तेल लगाकर त्वचा की रक्षा करनी चाहिये स्लग आरोप प्रत्यारोप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वंशवाद को लेकर कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान संस्थाओं को हुआ है उन्होंने कहा कि प्रेस से लेकर संसद तक सैनिकों से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक और संविधान से लेकर न्यायालयों तक कोई भी इसके क्प्रभावों से नहीं बचा है

मणिप्र में इंफाल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं करती उसका मानना है कि हर राज्य की अपनी आवाज होती है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दावों का खंडन किया है

भाजपा ने प्रदेशस्तर पर अपने स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय कर दिये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की उत्तराखंड में चार जनसभाएं होंगी कुमाऊं और गढ़वाल में दो जनसभाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी दो अन्य जनसभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदेश भाजपा को इसकी जानकारी दे दी गई है

वहीं कांग्रेस ने भाजपा के स्टार प्रचारकों के प्रदेश दौरे पर निशाना साधा है कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि बीजेपी क्छ भी कर ले लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है उन्होंने दावा किया आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है

इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभावार आवंटित और रिर्जव मशीनों की जानकारी दी गई उपस्थित जनप्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेष घिल्डियाल ने कहा कि इस बार वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे मतदाता अपने वोट की जानकारी हासिल कर सकता है

चमोली में भी ईवीएम कन्ट्रोल यूनिट वीवीपैट मशीनों का साफ्टवेयर के माध्यम से पहला रैंडमाइजेशन किया गया

इसमें प्रत्येक विधानसभा सभा के लिये इक्यावन प्रतिशत मशीन रिजर्व रखी गयी हैं

इस अवसर पर कोटद्वार में गौरैया के संरक्षण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पेशे से शिक्षक और पक्षी प्रेमी दिनेश चन्द्र कुकरेती ने अपने अनुभवों को साझा किया उन्होंने बताया कि वो पिछले कई वर्षो से गौरैया सहित अन्य पक्षियों के संरक्षण का कार्य कर रहें हैं उन्होंने कहा कि मानव द्वारा जो अनियोजित कार्य किये जा रहें हैं इससे पक्षियों को भारी नुकसान हो रहा है श्री कुकरेती गौरैया के संरक्षण के लिए सालों से खुद की मेहनत और धन को एकत्रित कर पक्षियों के लिए घौंसलों को बनाते भी हैं इस अवसर पर पक्षी प्रेमी सुभाष नौटियाल ने कहा वे भी प्लाई से बने घोंसले को अपने घर में लगाएंगे जिससे गौरैया को और भी अधिक संरक्षण मिल सके

स्लग मौसम प्रदेशभर में आज सुबह से ही धूप छांव का खेल जारी है चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों मे बर्फबारी होने से तापमान मे गिरावट आई है बदरीनाथ हेमकुंड साहिब रुद्रनाथ रूपकुंड और फूलों की घाटी सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने की सूचना है वहीं राज्य मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम वर्षा हई